आरोग्य वन में औषधिय गुणों से परिपूर्ण पौधों को लगाया गया है उन्होंने आज गांधीनगर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री केशू भाई पटेल के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

प्रदेश के तीन नगर निगमों जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हए हैं

वित्त मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं

इस दौरान दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री किरन रीजीजू आज से दो दिन के प्रदेश के दौरे पर रहेंगे श्री रिजीजू आज जोधपुर पहंचेंगे बाद में वे जैसलमेर के लिए रवाना होंगे वे कल जैसलमेर में फिट इंडिया मिशन वॉकथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

इससे संकट के इस समय में जरूरतमंद लोगों को अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन के धार्मिक और पारिवारिक दायित्व के निर्वहन में सुविधा मिली लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक के बाद भी देवस्थान विभाग के माध्यम से इस योजना को जारी रखा है पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

हालांकि मिलाद महफिल और सीरात मजलिस का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा